राजस्थान किकेट एकेडमी के आज हो रहे है चुनाव अध्यक्ष पद के लिए वैभव गहलोत और रामप्रकाश चौधरी के बीच सीधा मुकाबला देश की पहली कॉर्पोरेट रेल तेजस एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली ये रेलगाडी निजी तौर पर आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जायेगी गाडी को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बूजूगाँ को उनके परिवार और खासकर युवाओं से सम्मान तथा आदर मिलना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए वृद्धजनों के सम्मान की प्राचीन भारतीय परम्परा को बनाए रखना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार ने बूज़ुर्गो के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं

केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार के प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाने और व्यापारियों के लिए गोदाम में प्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद देश के कुछ भागों में खुदरा और थोक बाजारों में प्याज के दाम घटने शुरू हो गए हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पैसे देकर छापी जाने वाली खबरों से फर्जी खबरे ज्यादा खतरनाक हैं उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ सरकार और मीडिया को मिलकर काम करने की जरूरत है नई दिल्ली में कल श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज को रोकना ही होगा और यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है सभी को इसके लिए मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि जो लोग सही समाचारो के व्यवसाय में हैं उन्हें इसे रोकने के लिए संघर्ष करना होगा भारतीय रिजर्व बैंक आज मौजूदा वित्त वर्ष के लिए चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा रिजर्व बैंक आज प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती का ऐलान कर सकता है सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक नकदी मुहैया कराने की कोशिश को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है

कल से शुरू हुए इन मेलों का पहला चरण चार दिन तक चलेगा इसमें खुदरा कृषि वाहन आवास लघ् और मध्यम उद्योग शिक्षा और निजी श्रेणी के ऋण वितरित किए जाएगे

कल एसबीआई की ओर से जयपूर में ऋण मेला लगाया गया

उनके अगले सप्ताह शपथ लेने की संमावना है न्यायाधीश महंती की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की सिफारिश की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने इस सिफारिश के आधार पर न्यायाधीश महंती को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का वारंट जारी किया है इसकी पालना में केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने कल उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी

इस आशय के आदेश सभी संयुक्त निदेशकों और जिलों के मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी किए गए आदेश के अनुसार अब मरीज जिस भी चिकित्सक को दिखाने जाएगा वह अपने विवेक के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की उम्र का अंदाजा लगाकर उन्हें इलाज और जांच की मुफ्त सुविधा प्रदान कर सकेगा गौरतलब है कि एमआरआई सहित पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की कई महंगी जांचे मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में शामिल नहीं है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को यह निशुल्क उपलब्ध होती है

जयपुर के बिडला ऑडिटोरियम में भारत भाग्य विधाता नाटक का मंचन किया जाएगा इस सिलसिले में झालावाड के केन्द्रीय कारागार में बंदी सुधार दिवस मनाया गया प्रतापगढ में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला सशक्तिकरण कार्यशाला आयोजित की गई

पुलिस महानिदेशक मूपेंद्र सिंह ने बताया कि सांप्रदायिक सोहार्द और सामाजिक सद्भावना के संदेश को लेकर आयोजित कबीर यात्रा के पाचवे चरण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह यात्रा अपने अंतिम पडाव में आठ अक्टूबर को जैसलमेर पहुंचेगी उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान आमजन को कम्यूनिटी पुलिसिंग के उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया जायेगा

चुनाव के लिए एसएमएस स्टेडियम में वोटिंग शुरू हो चुकी है

गहलोत सीपी जोशी गुट समर्थित हैं वहीं चौधरी रामेश्वर डूडी खेमे से है उपाध्यक्ष पद पर जोशी गुट से अमीन पठान और ऐश्वर्य कटोच चूनावी मैदान में है जबकि सचिव पद के लिए जोशी गुट से महेन्द्र शर्मा और डूडी खेमे से सुमेन्द्र तिवारी के बीच मुकाबला रहेगा

इसके साथ ही आरसीए में लम्बे समय से कार्यकारिणी चुनाव को लेकर चली आ रही खींचतान का भी पटाक्षेप हो जाएगा

भारत की ओर से अश्विन ने दो जबकि जडेजा ने एक विकेट हासिल किया